प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा है कि अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से बातचीत के दौरान मिले महत्वपूर्ण और अंतर्द्रष्टिपूर्ण सुझावों से देश के विकास को नई गति मिलेगी एक ट्वीट में श्री मोदी ने कहा कि वृहद अर्थव्यवस्था और रोजगार कृषि और जल संसाधन निर्यात शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे विषयों पर अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों से सकारात्मक बातचीत हुई चालीस से अधिक अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों के साथ प्रधानमंत्री ने आर्थिक नीति और भविष्य की राह विषय पर बातचीत की थी प्रधानमंत्री कार्यालय से जारी विज्ञप्ति मे कहा गया है कि प्रधानमंत्री ने अर्थनीति से संबंधित सुझावों और विचारों के लिए सभी संबंधित पक्षों का आभार व्यक्त किया कृषि विज्ञान केन्द्र केन्द्र सरकार ने देश के किसानों तक प्रौद्योगिकी पहुंचाने के लिए जिला स्तर पर सात सौ तेरह कृषि विज्ञान केंद्र और छह सौ चौरासी कृषि प्रौद्योगिकी प्रबंधन एजेंसियों का गठन किया है इसका उद्देश्य वर्ष दो हजार बाईस तक किसानों की आय दोगुनी करने का लक्ष्य पूरा करना है इसके लिए गठित अंतर मंत्रालय समिति ने कृषि कार्यों में बदलाव और आधुनिकीकरण के लिए डिजिटल प्रौद्योगिकी के उपयोग की सिफारिश की है इनमें आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस बिग डेटा एनालिटिक्स और ब्लॉक चेन टेक्नोलॉजी शामिल है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भी किसानों की मदद के लिए एक सौ से अधिक मोबाइल एप्लीकेशन भी तैयार किए हैं केन्द्र सरकार टीबी केन्द्र सरकार ने वर्ष दो हजार पच्चीस तक देश से टीबी के उन्मूलन के लिए एक राष्ट्रीय योजना तैयार की है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री अश्विनी कुमार चौबे ने लोकसभा में बताया कि देश में प्रतिवर्ष तपेदिक के लगभग साढे सत्ताईस लाख मरीज सामने आते हैं जो कुल संख्या के हिसाब से सर्वाधिक है पिछले वर्ष देश में साढे पांच लाख से अधिक लोग उपचार के बाद स्वस्थ हो गए हैं मौसम प्रदेश में मानसून सक्रिय हो गया है इसके असर से प्रदेश के मैनपुर मगरलोड सहित कुछ स्थानों पर भारी वर्षा हुई है राजधानी रायपूर में बीती रात अच्छी बारिश हुई और आज दिनभर बादल छाए रहे बारिश से रायपुर का अधिकतम तापमान तीस डिग्री सेल्सियस पहुंच गया है मौसम विभाग के अनुसार अगले चौबीस घंटों के दौरान प्रदेश में एक दो स्थानों पर गरज चमक के साथ भारी वर्षा हो सकती है वहीं अनेक स्थानों पर भी हल्की से मध्यम बारिश या गरज चमक के साथ छीटे पड़ने की संभावना है इस बीच गरियाबंद में मानूसन की पहली ही बारिश में कई इलाकों में बाढ़ की स्थिति निर्भित हो गई छेमासी नाला बंद होने से नांगा बूढ़ा बरूला फुलकर्रा मदनपुर समेत दर्जनभर गांवों का संपर्क दूट गया इसी तरह ढेका नाला अवरुद्ध होने से मैनपुर संबलपुर पीपर छड़ी मार्ग अवरुद्ध हो गया इस इलाके के लगभग चालीस गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट गया आज दोपहर बाद बाढ़ का पानी कम होने से आवाजाही शुरू हो पायी बीती रात लगभग छह घंटे की बारिश से खेती किसानी का काम भी शुरू हो गया है बस्तर में पिछले तीन दिनों से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है बारिश के चलते चित्रकोट जलप्रपात का सौंदर्य देखते ही बन रहा है और वहां बड़ी संख्या में पर्यटक पहुंचने लगे हैं वृक्षारोपण अकबर इस मानसून में राजधानी रायपुर के शैक्षणिक संस्थानों शासकीय कार्यालयों आवासीय कॉलोनियों और उद्यानों में सात लाख पौधे लगाए जाएंगे इसमें विशेष रूप से अटल नगर सहित रायपूर के नगर निगम सीमा के सभी वार्ड और अन्य क्षेत्र शामिल होंगे वन मंत्री मोहम्मद अकबर ने प्रदेश में सघन वृक्षारोपण के निर्देश दिए हैं राजधानी में वृक्षारोपण कार्य जुलाई महीने के अंत तक पूरा कर लिया जाएगा वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि नवा रायपुर अटल नगर विकास प्राधिकरण द्वारा अटल नगर में करीब एक सौ पच्चीस एकड़ भूमि दी गई है इसके तहत नीम करंज अर्जुन जामुन तथा कचनार जैसे फलदार और छायादार पौधों का रोपण किया जाएगा मु जल संवर्धन प्रदेश के सभी विकासखंडों में नालों की पहचान कर वैज्ञानिक आधार पर भू जल संवर्धन के लिए संरचनाओं के निर्माण का काम मनरेगा और अन्य मदों से किया जा रहा है इन संरचनाओं के निर्माण से भू जल स्तर में सुधार होगा और सतही जल की अधिक उपलब्यता सुनिश्चित हो सकेगी मुख्य सचिव सुनील कुजूर की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में आज यह जानकारी दी गई अधिकारियों ने बताया कि निस्तारी तालाबों को फील्ड चैनल के माध्यम से नहरों और जलाशयों से जोड़ा जा रहा है बैठक में कृषि पेयजल निस्तारी और औद्योगिक प्रयोजन के लिए जल आपूर्ति सुनिश्चित करने की कार्ययोजना की भी समीक्षा की गई

यह दिवस पूरे विश्व में किसी भी भेदभाव को दरकिनार करते हुए विभिन्न खेलों में सहभागिता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है यह दिन केवल खेल कूद गतिविधियों तक सीमित नहीं है बल्कि पूरे विश्व में खेलों में निष्पक्षता एकता और सम्मान की ओलंपिक भावना को बढ़ावा देने का अंतर्राष्ट्रीय प्रयास भी है युवा मामले और खेल मंत्री किरण रिजिजू ने एक ट्वीट में सभी खिलाड़ियों से अनुरोध किया है कि वे देश और खेलों की गरिमा को ध्यान में रखते हुए प्रतिबंधित दवाओं के सेवन से बचे और स्पर्धाओं में विशुद्ध खेल भावना से भाग लें मुख्यमंत्री सम्मान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कल रायपुर में एक निजी पत्र समूह द्वारा आयोजित साहित्य वार्षिकी रचना उत्सव और सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल हुए उन्होंने कार्यक्रम में लोगों से आव्हान किया कि वे हिन्दुस्तान और भारतीय संस्कृति को आगे बढ़ाने में अपनी भूमिका तय करें और जो जरूरी है वह अवश्य करें मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर पंडवानी गायिका पद्मविभूषण तीजन बाई पुरातत्वविद् पद्मश्री अरूण कुमार शर्मा रंगकर्मी मिर्जा मसूद और पुरातत्वविद राहुल सिंह को संस्कृति सम्मान से सम्मानित किया

इस विषय के विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से प्रकाश डालने के लिए आकाशवाणी समाचार ने मौसम विज्ञानी एनएस मेहता से बात की इस बातचीत का प्रसारण आज रात साढ़े आठ बजे आकाशवाणी केन्द्र रायपुर से किया जाएगा इसे प्रदेश स्थित आकाशवाणी के सभी केंद्र एक साथ रिले करेंगे रविशंकर विवि दाखिला रायपुर के पंडित रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय ने कॉलेजों में पहले चरण के दाखिले की तारीख एक जुलाई तक बढ़ा दी है मेरिट सूची में विसंगति के कारण दाखिले की तारीख बढ़ाई गई है वहीं दूसरे और तीसरे चरण के दाखिले की पूरी प्रक्रिया भी आगे बढ़ा दी गई है दूसरे चरण के लिए अब ऑनलाइन पंजीयन दो से आठ जुलाई तक कराए जा सकते हैं वहीं मेरिट सूची दस जुलाई को जारी की जाएगी छात्र कॉलेजों में दस से अट्ठारह जुलाई तक प्रवेश ले सकते हैं इसी तरह तीसरे चरण के लिए ऑनलाइन पंजीयन उन्नीस से पच्चीस जुलाई तक होगा और मेरिट सूची सत्ताईस जुलाई को जारी होगी तीसरे चरण में उनतीस जुलाई तक कॉलेजों में दाखिला होगा

उनका निधन वर्ष उन्नीस सौ तिरपन में आज ही के दिन हुआ था भारतीय जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर मुखर्जी का जम्मू कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का जन्म छह जुलाई वर्ष उन्नीस सौ एक को पश्चिम बंगाल के कोलकाता में हुआ था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारतीय जनसंघ के संस्थापक और भाजपा के आदर्श डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर उन्हें श्रद्वांजलि अर्पित की है अपने संदेश में नरेन्द्र मोदी ने कहा कि सच्चे देशभक्त और प्रखर राष्ट्रवादी डॉक्टर मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राणों की आहुति दी

संक्षिप्त समाचार मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में अनुसूचित जाति विकास प्राधिकरण की बैठक अब रायपुर में चौबीस जून के स्थान पर सताईस जून को होगी वहीं पच्चीस जून को होने वाली छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण और अन्य पिछड़ा वर्ग क्षेत्र विकास प्राधिकरण की बैठक भी सताईस जून को आयोजित की गई है बीजापुर जिले के मिरतुर साप्ताहिक बाजार में माओवादियों के हमले में सहायक आरक्षक चैतुराम शहीद हो गए हैं माओवादियों ने आरक्षक पर धारदार हथियार से हमला कर उनकी हत्या कर दी दुर्ग जिले में शराब कोचिए से रिश्वत लेने वाले दो आरक्षकों को पुलिस अधीक्षक ने निलंबित कर दिया है मुंगेली जिले के पथरिया के बगबुड़वा गांव में कुत्तों के हमले में तीन हिरणों की मौत होने का मामला सामने आया है इन्हें मिलाकर सप्ताह भर में जिले में करीब छह हिरणों की मौत हो चुकी है